लखनऊ में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी दो हजार बीस का आज होगा औपचारिक समापन

प्रदेश विधानमण्डल का बजट सत्र तेरह फरवरी से

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कोरोना वायरस से उत्यन्न स्थिति पर सरकार की नजर बचाव के लिए उठाए जा रहे हैं सभी आवश्यक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को भरोसा दिलाया है कि नागरिकता संशोधन कानून के कारण कोई भी बाहरी व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं बस सकेगा असम के कोकराझार में बोडो शांति समझौते पर कल एक रैली को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही है कि इस कानून के जरिए बाहरी लोग यहां बस जाएंगे यही ताकतें हैं जो पूरी ताकत से असम और नॉर्थ ईस्ट में भी अफवाहें फैला रही हैं कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए से यहां बाहर के लोग आ जाएंगे बाहर से लोग आकर बस जाएंगे मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि बोडो शांति समझौते के बाद केंद्र इस क्षेत्र को विशेष विकास पैकेज देगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब विकास सभी के लिए पहली और आखिरी प्राथमिकता होनी चाहिए श्री मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद असम समझौता समिति की सिफारिशों की धारा छह को पूरा करेगी श्री मोदी ने कहा कि केंद्र के प्रयासों से पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई है

प्रधानमंत्री ने अपील की कि अभी भी हिंसा का रास्ता अपना रहे सभी लोग हथियार छोड़कर मुख्यघारा में लौट आएं उन्होंने कहा कि बोडो युवाओं को इस दिशा में एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि हिंसा कभी किसी मुद्दे का समाधान नहीं है हाल ही में लगभग छ सौ पचास उग्रवादियों के आत्मसमर्पण की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अन्रूप उनका पुनर्वास किया जाएगा

अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार नई उम्मीदों का प्रतीक है

हालांकि प्रदर्शनी कल दोहपर बाद तक आम जनता के लिए खुली रहेगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिन में समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे इस बीच रक्षा प्रदर्शनी के तीसरे दिन कल राज्य सरकार और विभिन्न कम्पनियों के बीच तेईस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए इन समझौतों का उद्देश्य देश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सहभागिता को बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी सहयोग को बढ़ावा देना है बंधन नाम के इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा प्रदर्शनी के दौरान दो सौ से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सरकार की नीतियों का असर अब दिखने लगा है और देश दो हजार चौबीस तक रक्षा निर्यात को पांच अरब डॉलर पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा श्री सिंह ने कहा कि हस्ताक्वरित किये गये समझौता ज्ञापन देश के रक्षा औद्योगिक आधार को और मजबूत करने में मददगार सिद्व होंगे इस अक्सर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तेइस समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर पचास हजार करोड़ रूपये के निवेश को आकर्षित करेंगे और लगभग तीन लाख युवकों को रोजगार मिलेगा श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास अब देश में बेहतर बुनियादी ढांचा है और निवेश के लिए प्रदेश अच्छा गंतव्य बन गया है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाईक ने रक्षा प्रदर्शनी के भव्य आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दी उन्होंने कहा कि यह रक्षा प्रदर्शनी देश में आयोजित अब तक की सर्वश्रेष्ठ रक्षा प्रदर्शनी है

रक्षा सचिव डॉ अजय क्मार ने कहा कि इस प्रदर्शनी में सबसे अधिक समझौते और बड़ी मात्रा में उत्पाद लांच हुए हैं

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सत्र के पहले दिन प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल विधान मंडल के दोनों सदनों विधानसभा और कियान परिषद को संयुक्त रूप से सम्बोधित करेंगी प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अट्ठारह फरवरी को वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का आम बजट सदन में पेश किया जायेगा विधान परिषद से जारी कार्यक्रम के अनुसार अट्ठारह और उन्नीस फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी बीस फरवरी से सदन में बजट पर चर्चा शुरू होगी

न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सप्ताह के भीतर दोषियों से सभी उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने के आदेश का हवाला दिया

कल राज्यसभा में उन्होंने कहा कि भारत सरकार वायरस की ताजा स्थिति से अवगत रहने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से लगातार संपर्क में है उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बीमारी को देश में आने से रोकने के लिए कई कदम उठाये हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में नोवेल कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में है और इसकी नियमित रूप से दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर नये वीजा प्रतिबंध और सलाह जारी की गई है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि बजट में मुख्य रूप से कृषि ग्रामीण विकास सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्योग तथा बांड बाजार को मजबूत करने पर जोर दिया गया है कल मुंबई में बजट पर सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम के तहत उद्योगपतियों व्यापार संस्थानों निवेश बैंकरों और कृषि संगठनों के साथ बातचीत के बाद वित्तमंत्री ने बताया कि बजट में बाईस हजार करोड़ रुपये की राशि मूलभूत ढांचे के लिए वित्तपोषण करने वाली एजेंसियों को आवंटित की गई है

कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री आर के सिंह ने बताया कि पिछले महीने तक तिहत्तर लाख से अधिक लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है

एक करोड़ सँतालीस लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डाक्टर रणबीर सिंह ने बताया दो लाख बत्तीस हजार से अधिक मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इस बीच प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत मतदाताओं को मतदान करने के लिए आज संवैतनिक अवकाश दिया गया है प्रदेश के प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन जितेन्द्र क्मार द्वारा पिछले सप्ताह जारी आदेश के अनुसार इसमें प्रदेश के ऐसे दैनिक श्रमिक भी शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं

आधिकारिक सुत्रों के मुताबिक इस समय छियालीस लाख छियान्नवे हज़ार से ज़्यादा वृद्वजनों को पेंशन का लाभ मिल रहा है